प्रदेश में छात्र पुलिस कैंडेट योजना लागू की जाएगीट्रैफिक के नियमों ड्रग्स के नुकसान और स्वच्छता के प्रति छात्रों को जागरूक किया जाएगा केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा ने अधिकारियों को योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के निर्देश दियेबागेश्वर में केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा की मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से चमोली के किसानों की खेती हुई बेहतरफसल के उत्पादन में हुआ इजाफा आमदनी भी बढ़ी

आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर आज बीजेपी प्रदेश अध्य्क्ष अजय भट्ट और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अगुवाई में राजधानी देहरादून में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई

इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि चुनाव में पार्टी प्रदेश की पांचों लोकसभा सीटों पर विजय घोषित होगी गौरतल है कि बैठक के जरिए सरकार और संगठन दोनों में मजबूती लाते हुए नेताओं को दिशानिर्देश दिए गए

देहरादून में हुई एक बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि छात्र छात्राओं को जागरूक बनाने के लिए यह योजना उपयोगी साबित हो सकती है उन्हें ट्रैफिक के नियमों ड्रग के दुष्परिणामों और स्वच्छता स्व अनुशासन के प्रति जागरूक किया जा सकता है बैठक में बताया गया कि पहले चरण में हर जिले के दो विद्यालयों में यह योजना लागू होगी

बैठक में उपस्थित प्रमुख सचिव गृह श्री आनंद बर्धन ने बताया कि इसके लिए हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी बीपीआरडी से प्राप्त पाठ्यक्रम को उत्तराखंड की संस्कृति और आवश्यकता के अनुसार परिमार्जित किया जाएगा छात्र पुलिस कैंडेट योजना का विस्तार अगले चरण में किया जाएगा

इसका उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है इस मौके पर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जीरो टॉलरेन्स की नीति के तहत कार्य किया जा रहा है

उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को इसको अपने अपने विभागों में अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए उनका कहना था कि अक्सर खरीद फरोख्त मे मीडियेटर के कारण उपभोक्ता को सीधा लाभ नहीं मिल पाता है लेकिन जीईएम के माध्यम से कम खर्च में ज्यादा लाभ प्राप्त होगा स्लग पोषण रैली पोषण अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से रुद्रपुर में पोषण रैली और पोषण रथ की शुरुआत की गई जिलाधिकारी डॉ नीरज खैरवाल ने पोषण रैली और पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जिलाधिकारी ने बताया कि पोषण रथ जनपद में सात ब्लॉकों में जाकर क्पोषित बच्चों और उनकी माताओं के स्वास्थ्य की जांच के साथ ही संतुलित आहार की जानकारी देगा जिलाधिकारी ने कहा सितम्बर के महीने को पोषण माह के रूप मे मनाया जा रहा है

उन्होने कहा कि इन सारे कार्यक्रमो का मुख्य उद्देश्य जनता को क्पोषण के प्रति जागरूक करना और क्पोषण अभियान मे जनसहयोग प्राप्त करना है जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के अतिकपोषित बच्चो को कपोषणमुक्त करने के लिए अधिकारियों कर्मचारियों पंचायत प्रतिनिधियों मीडिया कर्मियों को बच्चे गोद दिये जायेंगे ताकि अभियान को और गति मिल सके प्रत्येक सुपरवाईजर सेक्टर पर कुपोषित बच्चो का विवरण पीले रंग में और अतिकुपोषित बच्चो का विवरण नारंगी रंग के पृष्ठों पर अंकित किया जायेगा हर महीने इनका अनिवार्य रूप से वजन लेते हुए डाटाबेस संरक्षित किये जायेंगे जिलाधिकारी ने कहा गर्भवती महिलाओ का पहले दो महीनों के अन्दर पंजीकरण कर उन्हे टेक होम राशन से जोड़ा जायेगा स्लग मुख्यमंत्री उदघाटन मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि आधुनिक समय में तकनीकी शिक्षा की बहुत आवश्कता है और सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है टिहरी जिले की मुनिकीरेती में स्वामी पूर्णानंन्द डिग्री कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजूकेशन के नये परिसर के उद्घघाटन के मौके पर मुख्यमंत्री ने अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दिया उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में रोजगार परक शिक्षा बेहद जरूरी है इस मौके पर उन्होंने गंगा नदी पर अध्रे बने जानकी पूल को पूरा करने और पूर्णानंन्द स्टेडियम को जल्द बनाने की घोषणा की

बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि उद्यमियों को सभी जरूरी क्लीयरेंस ऑनलाइन मिल रहे हैं

उन्होंने सभी संबंधित विभागों को तय समय सीमा का पालन करने के निर्देश दिये

इससे ऊपर के प्रस्ताव राज्य स्तरीय समिति में लाये जाते हैं स्लग अजय टम्टा केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा ने केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ आमजन तक प्राथमिकता के आधार पर पहुंचाने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं बागेश्वर में समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनायी जा रही सड़कों का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने मनरेगा के तहत पूरी की गई योजनाओ की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन न्याय पंचायतों में काम कम हुआ है उन न्याय पंचायतों की सबसे छोटी ग्राम पंचायत को चिन्हित करें ताकि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके इसके अलावा श्री टम्टा ने प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री उज्जवला योजना प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आदि की समीक्षा की और संबंधित विभागों को दिशा निर्देश दिये स्लग मुदा स्वास्थ्य योजना मिट्टी की जांच कर जमीन की गुणवत्ता और फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू की गई मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चमोली के काश्तकारों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है

बागनाथ मंदिर परिसर में हर साल की तरह इस बार भी गणपति बप्पा का पंडाल सजा है यह उत्सव सात दिनों तक चलेगा

बागेश्वर जिले में गणेश महोत्सव ध्रमधाम से मनाया जाता है प्रसिद्ध बागनाथ मंदिर में हर साल की तरह इस बार भी श्रद्वालुओं ने उत्साह के साथ गणेश की मूर्ति की स्थापना की है सात दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में देर रात तक भजन संध्या का आयोजन किया जाता है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की भजन मंडलियों को आमंत्रित किया गया है